उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए राज्यों केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा भी की श्री शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव उपाय किए जाएं और बाढ़ प्रभावित राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए

असम में लगातार वर्षा के कारण आई बाढ़ के प्रकोप से अभी कोई राहत नहीं मिली है कुछ और इलाकों में पानी भर गया है राज्य के पच्चीस जिलों में बाढ़ से चौदह लाख से अधिक लोगों पर असर पड़ा है बाढ़ और भूस्खलन से अब तक सात लोगों की जान गई है सेना राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जूटे हैं पच्चीस हजार से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले ली है काजीरंगा नेशनल पार्क का लगभग अस्सी प्रतिशत भाग जलमग्न है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में शिश्र आहार समेत राहत सामग्री वितरित की जा रही है मुसलाधार बारिश से ईस्ट सियांग जिले में सियांग सिक्र सिबो कोरोंग और अन्य सहायक नदियां ऊफान पर है जिला प्रशासन ने लोगों से नदी में मछली पकड़ने तैराकी या अन्य किसी भी गतिविधियों से बचने की अपील की है जिला उपायुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्थानीय नागरिकों से नदी की जलधारा में बहकर आने वाली लकड़ियों पेड़ों बांस या अन्य वनस्पतियों के लिए न जाने की अपील की गई है निचले इलाकों में रह रहे लोगों से सतर्क रहने का सुझाव दिया गया है और उनसे भयभीत न होने की अपील की गई है जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंह संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति की निगरानी कर रही है और मौके पर जाकर जायजा भी ले रही है सिकु ब्रीज पर भूस्खलन से यातायात के खतरे को देखते हुए जनहित में इसके आसपास धारा एक सौ चौवालीस के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है आगामी सात दिनों तक रात को सात बजे से सुबह पांच बजे तक सिकु ब्रिज से वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है और बाकी समय में भी एक टन से अधिक भार लेकर वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिला उपायुक्त ने हाईवे लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंताओं को सिकु ब्रीज के पास भ्रस्खलन रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है जिला उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक से आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती करने को कहा है मेबो और नामसिंग के प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा स्वास्थ्य शांति और अमन चैन को बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया है पगलम में बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन ने बाढ़ का पानी उतरने तक स्कूलों को कुछ हफ्तों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है जिला प्रशासन ने पगलम में अतिरिक्त खाद्य पदार्थ पैक किया हुआ पानी लाइफ जैकेट और इंफ्लेटेबल राफ्ट भेजने का भी निर्णय लिया है रोईंग में कल आयोजित आपातकालिन बैठक में जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया बैठक में खाद्य एवं नाग़रिक आपूर्ति विभाग को आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और पुलिस विभाग को दिबांग पुल पॉईंट तथा अन्य क्षेत्रों में किसी भी स्थिति में नाग़रिकों की सहायता करने के लिए अपने कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है

स्मार्ट विलेज आंदोलन के जनक के रुप में विख्यात प्रोफेसर सोलोमन डार्विन द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी और ओपेन इनोवेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए पिछले वर्ष जून में राज्य सरकार ने एक समझौता किया था स्मार्ट विलेज मुवमेंट की टीम ने मुख्यमंत्री को बताया कि कई देश अरुणाचल प्रदेश में इस परियोजना के लिए निवेश के इच्छुक है चांगलांग जिला स्वास्थ्य सोसायटी ने कल मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया स्वास्थ्य मेला का उदघाटन ईएसई इदम बाग़रा द्वारा किया गया था मेले के दौरान जयरामपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों से करीब सात सौ उन्तीस मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त दवाईया भी वितरित किए गए